सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र चंबा में जनमंच की अध्यक्षता करेंगे हमीरपुर जिला का जनमंच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज में होगा जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे सोलन जिला का जनमंच शहरी विकास व नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी की अध्यक्षता में अर्की के भूमती में आयोजित किया जाएगा मंडी के नाचन में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह तथा शिमला के शोघी में आयोजित होने वाले जनमंच की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार करेंगे कांगड़ा जिला में वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जनमंच की अध्यक्षता करेंगे प्रदेश भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम पर आज से राज्यव्यापी जनजागरण अभियान शुरू कर रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के टुटू से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे जनजागरण अभियान के दौरान भाजपा प्रदेश के पांच लाख परिवारों से संपर्क करेगी

कल सोलन से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक विद्वेष के कारण अमानवीय यातनाओं की पीड़ा झेल रहे अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए है उन्होंने विपक्ष पर इस अधिनियम की आड़ में वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने राज्य में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है

राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव डीसी राणा ने बताया कि प्रत्येक स्थानीय निकाय बीएमसी का गठन करें और जैव विविधता रजिस्टर बनाने की तैयारी करे इस रजिस्टर को एनजीटी के निर्देश पर तैयार किया जाना है जो एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें क्षेत्र विशेष के जैविक संसाधनों एवं सम्बद्ध पारम्परिक ज्ञान की जानकारी उपलब्ध होगी राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है हालांकि राज्य के उंचाई वाले इलाकों में हुए हिमपात व वर्षा से कड़ाके की ठंड जारी है शिमला के नारकंडा में बर्फबारी व कोहरे से फिसलन के कारण उपरी शिमला से वाहन वाया बसंतपुर ढली पहुंच रहे हैं राज्य के निचले जिलों में घना कोहरा पड़ने से जबरदस्त शीतलहर का प्रकोप जारी है

अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

अमर उजाला की सुर्खी हैं बिना लाइसेंस फलदार पौधे या कलमें बेचीं तो एक साल कैद

दैनिक भास्कर लिखता है बर्फबारी का हैप्पी वीकेंड छात्रवृति घोटाले से जुड़ी खबर पर हिमाचल दस्तक लिखता है गिरफ्तार अधीक्षक का ट्रांसफर रोकने में लगे हए थे कई नेता दैनिक जागरण की एक खबर है पालमपुर में हीटर की आग से जिंदा जला चौकीदार दैनिक सवेरा टाईम्स स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के हवाले से लिखता है आईजीएमसी में होगा ब्रेन स्ट्रोक का उपचार अमर उजाला की एक खबर है फूलों से बनेगें पटाखें धुंआ नहीं खुशबू छोड़ेंगे पर्यावरण संरक्षण को ईकों फ़ेंडली पटाखे बनाने के लिए सिरमौर प्रशासन की पहल अखबार की एक अन्य खबर है हमीरपुर ऊना के बाद अब चंबा के पैकेट दूध बंद दूध में निकला यूरिया